अहमदाबाद में कल एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबके सहयोग से प्रगति करेगा उन्होंने कहा कि व्यापक जनादेश बडी जिम्मेदारियां भी साथ लेकर आता है और ऐसी बड़ी जीत के बाद नम्र बने रहना बहुत जरूरी है इस बीच लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी में मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतिम शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे

शपथ ग्रहण समारोह शाम सात बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा नरेन्द्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में सभी राज्यों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है नए मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों के अलावा कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलने की उम्मीद है आचार संहिता केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव की प्रकिया पूरी होने के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता को हटा दिया है आयोग ने कल शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है आदर्श चुनाव आचार संहिता हटने के बाद अब विकास कार्य गति पकड़ेंगे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा है कि अब विकास कार्यों पदोन्नतियों और स्थानांतरण के लिए आयोग से अनुमति नहीं लेनी होगी

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में पंडित नेहरू को उनके स्मारक शांतिवन में श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया इधर शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित कर पंडित नेहरू को श्रद्वांजलि अर्पित की जाएगी हादसा शिमला जिले में ठियोग उपमंडल के तहत देहा के समीप धार नाला में आज तड़के एक पिकअप वाहन के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है ठियोग के डीएसपी कुलबिंद्र ने बताया कि घायल को आईजीएमसी शिमला में भर्ती किया गया है उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता हटने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हट गई आदर्श चुनाव आचार संहिता आज से सरकारी महकमों में लौटेगी रौनक सचिवालय में बैठन लगेंगे मंत्री पंजाब केसरी के शब्द हैं प्रदेश में एक दिन पहले ही चुनाव आचार संहिता खत्म दैनिक जागरण का शीर्षक है चुनाव आचार संहिता हटी विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार हिमाचल दस्तक के मुताबिक आदर्श आचार संहिता हटी

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है हिमाचल में एनडीआरएफ की बटालियन तैनाती के आदेश दैनिक जागरण ने खबर दी है चंबा के चुराह में आंगनबाड़ी केंद्रों में बांट दिए एक्सपायरी डेट के बिस्कुट

दैनिक भास्कर की एक खबर है कैंसर थैलेसिमिया डिस्ट्रॉफी किडनी फेलियर के मरीजों को हर माह मिलेंगे दो हजार रूपये दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है नालागढ़ में बनेगा बल्क ड्रग पार्क छह सौ तरेसठ बीघा भूमि चयनित इसी समाचार पत्र के अनुसार जर्मनी नीदरलैंड व दुबई जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

आपका फैसला की सुर्खी है किन्नौर के रूपिन पहाड़ों पर फंसे पांच ट्रैकर्स को किया रेस्कयू दैनिक भास्कर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखा है पोता तो आ ही गया अब अनिल शर्मा का भी कांग्रेस में स्वागत है